प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो हजार उन्नीस के आम चुनाव से पहले विपक्ष के महा गठबंधन के प्रयासों की कड़ी आलोचना की उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें नेतृत्व का अभाव है प्रधानमंत्री ने कहा कि महागठबंधन की विचारधारा अस्पष्ट और इरादे भ्रष्ट हैं श्री मोदी ने पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन भाषण में कहा कि जो लोग एक दूसरे को सीधे देख नहीं सकते वे अब महा गठबंधन के लिए हाथ मिला रहे हैं उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यो का प्रमाण है श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों पर नहीं लड़ रही है बल्कि अपने असत्य पर टिकी है उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों और कांग्रेस के दुष्प्रचार का डटकर सामना करने को कहा प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष होना चाहिए लेकिन जो सरकार में विफल रहे थे वे विपक्ष में भी असफल रहे हैं मध्य प्रदेश के बाणसागर डैम से छह लाख धनसेक पानी छोड़े जाने के कारण सोन और गंगा के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की स्थिति गम्भीर हो गयी है रोहतास भोजपुर पटना अरवल बेगुसराय जिलों के निचले क्षेत्रों में पानी भर गया है प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है प्रभावित क्षेत्र के सभी स्लूईस गेट और फाटक को बंद कर दिया गया है निचले और तटवर्ती इलाकों में रहने वालों को ऊंचे स्थानों पर जाने को कहा गया है प्रभावित क्षेत्रों के इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है और तटवर्ती इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है उधर नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में देर रात हुई भारी बारिश से कोसी ब्रुढ़ी गंडक बागमती और महानंदा नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार ब्रूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में आज सात सेंटीमीटर वृद्धि की संभावना है वहीं गंगा और कोसी नदी में उफान के कारण भागलपुर जिले के कई प्रखंडों में बाढ़ को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है तथा सभी तटबंधों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि जिले के इसमाइलपुर सहित अन्य प्रखंडों में बाढ़ का पानी फैलने के कारण वहां पर पर्याप्त संख्या में एसडीआरएफ के जवान तैनात कर दिये गये हैं इसके साथ ही राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिया गया है राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ कार्यो और प्रदर्शन के लिए चांसलर अवार्ड दिया जायेगा राज्यपाल लालजी टंडन ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में गूणात्मक सुधार तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के निर्माण के लिए कुलाधिपती अवार्ड के लिए प्रधान सचिव को शीघ्र नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया है यह अवार्ड बेहतर प्रदर्शन करने वाले सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय विभाग शिक्षक और विद्यार्थी को दिया जायेगा मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिखों के दसवें गुरू गुरू गोविंद सिंह की तीन सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर पटनासिटी में बहुउद्देशीय प्रकाश केंद्र और उद्यान योजना के निर्माण कार्य का आरंभ किया उन्होंने कहा कि इसका नामकरण प्रकाश पुंज होना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकाश पुंज का अवलोकन करने वालों को सिख धर्म और गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका नाम प्रकाश पुंज रखने के पीछे मकसद है कि यह ज्ञान की भूमि है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दो हजार बाईस तक देश में डेढ़ लाख स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र खोले जाएंगे नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार पॉल ने नयी दिल्ली में एक कार्यक्रम में यह बात कही उन्होंने कहा कि ये केन्द्र मध्मेह कैंसर उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों के इलाज के लिए व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे डॉक्टर पॉल ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बच्चों में कैंसर के इलाज की सूविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इसकी दरें निर्धारित की गई हैं उन्होंने कहा कि योजना के तहत देश के गरीब परिवारों को पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा इससे गरीबी रेखा के नीचे के लोगों और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को फायदा होगा प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष का तीसरा चक्र आज से प्रारम्भ हो रहा है बीस सितम्बर तक चलने वाले इस अभियान के तहत राज्य के तेरह जिलों में गर्भवती महिलाओं और दो वर्ष से छोटे बच्चों को दस जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीका दिया जाएगा राज्य स्वास्थय समिति ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए सभी तेरह जिलों के चिन्हित आंगनबाडी केन्द्रों और सरकारी स्वास्थय केन्द्रों पर विशेष प्रबंध किये हैं एके फोर्टीसेवन तस्करी मामले में सेना का लांस नायक नियाजूल रहमान को मुंगेर पुलिस ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित बागडोगरा से गिरफ्तार किया है नियाज़ुल बागडोगरा स्थित सेना छावनी के सोलह एफएडी की डिफेंस सिक्योरिटी में तैनात था गिरफ्तार लांस नायक मुंगेर जिले के बरदह गांव का रहने वाला है आरक्षी अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि नियाजुल को दूसरे मामले में गिरफ्तार किया गया है लेकिन एके फोर्टीसेवन तस्करी में भी उसकी भूमिका है पुलिस सूत्रों ने बताया कि लांस नायक का भाई शमशेर ने कई नक्सली संगठनों और बड़े अपराधियों को एके फोर्टीसेवन बेची है केन्द्र सरकार राज्य के सात सौ पन्द्रह प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालयों को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है बिहार और नेपाल के बीच कल से बस सेवा शुरू होगी परिवहन विभाग के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पहले चरण में बोधगया से काठमांडू और पटना से जनकप्र के बीच बस सेवा शुरू की जायेगी विदेश मंत्रालय ने बिहार और नेपाल के बीच बस सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है इसके साथ ही सभी बसों को परमिट प्राप्त हो गयी है दोनों देशों के बीच आठ बसें चलेंगी इसके अन्तर्गत चार बसे पटना और जनकप्र जबकि चार बसें बोधगया तथा काठमांडू के बीच चलेगी पटना जनकप्र की बसे पटना मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी भीठा मौड़ होते हुये जनकपुर जायेगी वहीं बोधगया काठमांडू बस गया पटना हाजीपुर मुजफ्फरपुर मोतिहारी रक्सौल वीरगंज होते हुये काठमांडू जायेगी मौसम विभाग ने अगले छत्तीस घंटों के दौरान राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है जानकारी के अनुसार मॉनसून का ट्रफ लाइन उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों से गुजर रहा है इधर पश्चिम बंगाल के आस पास के इलाकों में साईक्लोनिक सर्कुलेशन का सिस्टम सक्रिय है इसके कारण प्रदेश के पूर्वी दक्षिण क्षेत्रों में भारी बारिश की सम्भावना है पटना गया भागलपुर और पूर्णिया में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है पटना में सम्पन्न पूर्वी क्षेत्र सबजूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने स्पोटर्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया साई को दो शून्य से पराजित किया इस प्रतियोगिता में पूर्वी क्षेत्र से झारखंड और ओडिशा की टीम ने अपराजेय रहते हुये राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है वहीं चैंपियनशिप के अंतिम मुकाबले में बिहार ने सिक्किम को नौ शून्य से पराजित कर दिया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री ने कहा भापजा में सत्ता का अहंकार नहीं अजेय भारत अटल भाजपा का नारा दिया दैनिक जागरण ने बैंक खातों में बढ़ती जालसाजी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है अब दूसरे के एसबीआई खाते में जमा नहीं कर सकेंगे पैंसा बाणसागर से छोड़े गये पानी की खबर को दैनिक भास्कर ने अपनी पहली लीड बनाते हुये लिखा है सोन का जलस्तर रिकार्ड पर पहुंचा सिर्फ चौबीस घंटे में दो लाख पैंसठ हजार क्यूसेक की वृद्धि तटवर्ती जिलों में अलर्ट प्रभात खबर ने अपने खेल पन्नों पर शीर्षक बनाते हुये लिखा है जडेजा विहारी की पारी ने भारत को संकट से उबारा और अब अंत में मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्ष के महागठबंधन पर सवाल उठाया